राज्य सरकार ने बजट को लेकर श्रू की तैयारियां मुख्यमंत्री आज भी पश्पालक डेयरी संघ और अन्य पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक

नीति आयोग ने इस बैठक का आयोजन किया था बैठक का विषय था आर्थिक नीति भविष्य की राह प्रतिभागियों ने अर्थव्यवस्था रोजगार कृषि और जल संसाधन निर्यात शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों के आर्थिक पहलूओं पर चर्चा की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह सहित नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और केंद्र सरकार तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे राज्य सरकार ने बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज स्वयंसेवी संगठनों सिविल सोसायटी उपभोक्ता फोरम किसान पश्पालक और डेयरी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे इससे पहले कल श्री गहलोत ने जयपुर्र में बजट की तैयारियों को लेकर कई बैठकें की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सबसे पहले राज्यस्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई जिसमें मुख्य संचिव डीबी गुप्ता और राज्य मंत्री परिषद के कई सदस्यों ने भाग लिया बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री र्न कहा कि राज्य सरकार सभी के सुझावों के आधार पर प्रदेश के विकास के लिए समग्र संतुलित और समावेशी बजट तैयार करेगी इसके बाद श्री गहलोत ने विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों महिला तथा युवा उघमियों के साथ भी बैठक की और बजट को लेकर चर्चा की मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से भी बजट के बारे में सुझाव लिये

इसी सत्र में राज्य सरकार बजट भी पेश करेगी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दूरदर्शन की सबसे बड़ी खूबी उसकी विश्वसनीयता है दूरदर्शन सबसे बड़ा डीटीएच ऑपरेटर है जिसके माध्यम से देशभर में लाखों लोगों तक कार्यक्रम पहुंच रहे हैं कल श्रीनगर में दूरदर्शन डिश एंटिना सेटटॉप बॉक्स के निशुल्क वितरण समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशभर में लगभग हर भाषा के सात सौ से ज्यादा टीवी चैनल काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने डोगरी समाचार बुलेटिन शुरू करने मुफ्त डिश एंटिना वितरण और डीडी कशीर की सिग्नेचर ट्यून के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री का आभार व्यक्त किया प्रसार भारती के अध्यक्ष डा ए सूर्य प्रकाश ने डिश ऐन्टिना के निःशुल्क वितरण की योजना को बहुत महत्वतपूर्ण बताया

सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनियां ने बताया कि एक दिवसीय कार्यशाला विभिन्न सत्रों में आयोजित की जायेगी कार्यशाला में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश भाग लेंगे कार्यशाला में भाजपा प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सदस्यता अभियान के संभाग और जिले से संयोजक तथा सह संयोजक और संभाग विस्तारक प्रभारी उपस्थित रहेंगे भारत ने आशा प्रकट की है कि पाकिस्तान वैश्विक संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के दिशानिर्देशों को पूरी तरह लागू करने के लिए इस वर्ष सितम्बर तक सभी आवश्यक प्रभावी कदम उठाएगा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई उसकी राजनीतिक वचनवद्वता के अनुसार होनी चाहिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद और आतंकवादियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकने के लिए विश्वसनीय प्रमाणिक और स्थाई उपाय करने चाहिए

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

जोधपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि सरकार पानी के सद्पयोग और उसे फिर से इस्तेमाल किए जाने योग्य बनाने को लेकर जल्द ही कोई ठोस नीति बनाएगी उन्होंने बताया जल शक्ति मंत्रालय जल से जुडे हुए विभिन्न विषयों को लेकर काम कर रहा है

चिकित्सा मंत्री रधु शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा

दूसरी ओर पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने एनएचएम में बिना मंजूरी निकाली भर्ती में कथित घोटाले पर कार्रवाई की मांग की है एक विज्ञप्ति में श्री सराफ ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए

डेयरी के अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी ने कल पत्रकारों को बताया कि डेयरी प्रबंधन ने द्ग्ध उत्पादकों को हित में यह फैसला लिया है

उन्होंने दावा किया कि अजमेर डेयरी न केवल देश में बल्कि एशिया में द्ग्ध उत्पादक को सर्वाधिक भ्गतान करने वाली डेयरी बन गयी है

पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने सोशल साइट पर मोबाइल बेचने का विज्ञापन डाला था

आरोपी ने परिवादी को झांसे में फंसाने के लिए खुद को नाल एयरफोर्स का कर्मचारी बताया जो जांच में फर्जी साबित हुआ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

मोहम्मद शमी ने कल जबरदस्त हैट्रिक ली इससे पहले चेतन शर्मा ने न्यूजीलैण्ड के खिलाफ हैट्रिक ली थी विश्वकप में भारत की यह चौथी जीत है इस जीत के साथ ही भारत अंक तालिका में अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है जयपुर में चौगान खेल महाकुंभ कल से शुरू हुआ तीन दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में कबड्डी ताइक्वांडों बैडमिंटन क्रिकेट खो खो और तैराकी के मुकाबले हो रहे है इनमें जयपुर जिले के एक हजार पांच सौ से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे है